इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दो जनसभाओं को संबोधित किया इनमें से एक लाहौल घाटी के सीसू और दूसरी मनाली के सोलांग में थी समुद्रतल से दस हजार चालीस फुट की ऊंचाई पर नौ दशमलव शून्य दो किलोमीटर लंबी यह दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार ने अपनी पूरी ताकत सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे को सुदृढ करने में लगा दी है उन्होंने कहा कि अटल सुरंग सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि लेह लद्दाख क्षेत्र की भी जीवनरेखा बनेगी श्री मोदी ने कहा कि सडकों पुलों इमारतों सुरंगों आदि का निर्माण बडे पैमाने पर किया जा रहा है और सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है

भाजपा ने अपनी शुरूआत बूथ सम्मेलन से की है इन सम्मेलनों में मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष केन्द्रीय मंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे उधर देवास के हाटपिपल्या विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आमसभा को संबोधित किया वहीं मुरैना जिले में चंबल संभागायुक्त ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिये प्रदेश से लगी अंतरराज्यीय सीमाओं के अधिकारियों के साथ बैठक की

प्रशासनिक स्तर पर आचार संहिता को लेकर जागरूक करने प्रशिक्षण और चुनाव संबंधी समितियों के गठन की प्रक्रिया शुरू की गयी है इन्दौर जिले के सांवेर में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जहां उपचुनाव संबंधी शिकायतों का निराकरण किया जायेगा आगरमालवा जिले में आज पीठासीन और मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया

वहीं आज एक व्यक्ति संक्रमित मिला है

जाने माने हॉकी के खिलाड़ी और कोच मीर रंजन नेगी ने लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की

वित्त मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में दिये एक हलफनामे में कहा है कि सरकार ने छह महीने की स्वैच्छिक छूट की अवधि में छोटे ऋण लेने वाले लोगों पर चक्रवृद्धि ब्याज माफ करने का फैसला किया है छोटे ऋण लेने वालों को आठ श्रेणियों में बांटा गया है इनमें सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्योग शिक्षा आवास उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु क्रेडिट कार्ड भुगतान वाहन वैयक्तिक और उपभोग ऋण शामिल हैं

इसी तरह पंडाल के आकार को भी बढ़ा दिया है

दुर्गा उत्सव पर गरबा की अनुमति भी नहीं होगी दशहरा उत्सव पर रामलीला एवं रावण दहन किया जा सकेगा परंतु सभी आयोजनों में मास्क लगाना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जैसी सावधानियां पूरी तरह अनिवार्य रहेंगी गेहलोत पत्रकार वार्ता केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गेहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार किसानों के हित में नया कृषि विधेयक लाई है आज उज्जैन में संवाददाताओं से चर्चा में कहा कि इससे किसानों को बेहतर बाजार मिलने के साथ साथ उन्हें अपनी फसल का उचित लाभ मिल सकेगा उन्होंने कृषि बिल के विरोध पर कहा कि विपक्षी दलों द्वारा इस संबंध में भ्रम फैलाया जा रहा है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

नरसिंहपुर दुष्कर्म नरसिंहपुर जिले के रीछई गांव में एक महिला के साथ दुष्कर्म और पीड़िता द्वारा आत्महत्या के मामले में आज दो पुलिस कर्मियों सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया है आरोपियों के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है इससे पहले थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज को कल रात ही निलंबित कर दिया गया था इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और गाडरवारा एसडीओपी को भी हटाने के निर्देश दिये थे पीड़िता के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों पर शिकायत के बावजूद कार्यवाही न किये जाने का आरोप लगाया था

इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पशुओं के प्रति संवेदनशीलता सहानुभूति और सहृदयता आवश्यक है